ये हैं नवाचार पेटेंट उत्पादन और समृद्धि उन्होंने भारतीय विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार के परिदृश्य को बदलने की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि भारत के विकास की कहानी विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उसकी सफलता पर निर्भर करती है प्रधानमंत्री आज बेगलुरू के कृषि विज्ञान विश्व विद्यालय में एक सौ सातवीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन कर रहे थे इस दौरान श्री मोदी ने कहा कि भारत को सतत और पर्यावरण अनुकूल परिवहन तथा ऊर्जा भंडारण विकल्पों के लिए दीर्घावधि दिशा निर्देश बनाने चाहिए उन्होंने कहा कि जितनी जल्दी संभव हो हर प्रकार के कचरे को संपन्नता में बदलने के प्रयास किए जाने चाहिए उन्होंने कहा कि देश ने पर्यावरण जल और मिट्टी संरक्षण के लिए सिगंल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल बंद करने का फैसला किया है प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रौद्योगिकी जल जीवन मिशन की ताकत है और वैज्ञानिकों का उत्तरदायित्व है कि वे पानी की रिसाइक्लिंग के लिए किफायती और प्रभावी प्रौद्योगिकी का विकास करें हनुवंतिया महोत्सव मुख्यमंत्री कमलनाथ ने आज खंडवा जिले के पर्यटन केंद्र हनुवंतिया में चौथे जल महोत्सव की शुरुआत की

महोत्सव के दौरान प्रदेश की सांस्कृतिक विविधता को दर्शाने वाले अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तृति दी जाएगी

यहां वीआईपी कॉटेज सांस्कृ तिक मंच डाइनिंग हॉल आदि मौजूद है

मौसम प्रदेश के शहडोल रीवा सागर जबलपुर इंदौर और होशंगाबाद संभागों के जिलों में बारिश से ठंडक बढ़ गई है टीकमगढ़ से हमारे संवाददाता ने बताया है कि बीती रात जिले के एक दर्जन गांवों में बारिश के साथ ही औलावृष्टि ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है उधर उमरिया में बारिश के बाद पारा और गिर गया है इसको देखते हुए जिला कलेक्टर ने आंगनवाड़ी केन्द्रों के समय में परिवर्तन किया गया है

वहीं रीवा शहडोल जबलपुर कटनी बालाघाट छतरपुर और टीकमगढ़ जिलों में गरज चमक के साथ बौछारें पड़ सकती है

इच्छुक उम्मीदवार स्वर परीक्षण की विस्तृत जानकारी और आवेदन कार्यालयीन दिवस में आकाशवाणी भोपाल के संगीत अनुभाग से प्राप्त कर सकते हैं

जिसमें अधिनियम की वास्तविकता से अवगत कराया गया